सरकार ने आज दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी पार्टियों की बैठक बुलाई है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आज शाम सभी पार्टियों की बैठक बुलाई है बैठक के दौरान श्री बिरला लोकसभा का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सभी पार्टियों से सहयोग की अपील करेंगे राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू का भी आज सभी पार्टियों के साथ बैठक करने का कार्यक्रम है संसद के बजट सत्र का पहला चरण कल से शुरू होगा और ग्यारह फरवरी तक चलेगा एक महीने के अंतराल के बाद संसद का अगला सत्र दो मार्च से शुरू होकर तीन अप्रैल तक चलेगा कोरोना वायरस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कोरोना वायरस के कहीं भी संभावित लक्षण दिखायी देने पर तुरंत परीक्षण कर उपचार शुरू करने के निर्देश दिए है इंदौर में आयोजित बैठक में उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने इस वायरस की जाँच के लिये पुणे की आईसीएमआर संस्था को अधिकृत किया है जांच के दौरान संदिग्ध मरीज मिलने पर नमूना लेकर इंदौर के महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय की देखरेख में पुणे भेजा जाएगा श्री सिलावट ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रदेश के सभी हवाई अड़डो पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं इन्दौर और खंडवा में स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को वायरस के संकमण के बारे में जानकारी देते हुए जरूरी ऐहतियात बरतने को कहा है

प्रदेश में आज शहीद दिवस पर राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के बलिदान दिवस और अन्य शहीदों की स्मृति में दो मिनिट का मौन रखा जायेगा इसके अलावा श्रद्दांजलि और सर्वघर्म सभाएं आयोजित की जायेंगी मुख्यमंत्री कमलनाथ राजधानी भोपाल के भिण्टो हाल परिसर स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रष्पांजलि अर्पित करेंगे वहीं मंत्रालय भवन के सामने आयोजित सभा में महात्मा गांधी को पुण्य स्मरण किया जायेगा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी गांधीजी को श्रद्धांजली दी जायेगी

उन्होंने कल एक कार्यक्रम में कहा कि इससे व्यवसाय और रोजगार दोनों में बढ़ौतरी होगी श्री अकील ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा रोजगार एमएसएमई इकाईयां दे रही है

महिला बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनुपम राजन की अध्यक्षता में कल भोपाल में अभियान के संबंध में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के पहले चरण में प्रतिभागियों को इसकी रूपरेखा और तकनीकी जानकारी दी गई इसके पूर्व अभियान होशंगाबाद मुरैना श्योपुर गुना खंडवा बुरहानपुर छतरपुर छिन्दवाड़ा और बड़वानी जिलों में चलाया गया था इस समुदाय आधारित प्रबंधन अभियान में कुपोषित बच्चों की जरूरी जांच कर दवायें दी जायेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पांच दिवसीय केन्द्र आधारित देखभाल की जायेगी बंसत पंचमी आज बसंत पंचमी है प्रदेश में भी ये पर्व आज परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर देवी सरस्वती के पूजन सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं उमरिया जिले में नदियों में स्नान के साथ श्रद्वालू शिवालयों और गायत्री मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं विशेष तौर पर शिक्षण संस्थानों में मॉ सरस्वती की आराधना के कार्यक्रम और शिवालयों में मेले आयोजित किये जा रहे हैं श्योप्र में इस अवसर पर विद्यारंभ संस्कार कार्यकम स्कूलों में आयोजित किये जायेंगे इनमें तीन से पांच वर्ष तक आयु के बच्चों के विद्या ग्रहण कार्यक्रम कराये जायेंगे धार में भी आज इस अवसर पर चार दिवसीय भोज उत्सव आरंभ हुआ और यह की प्रसिद्ध भोजशाला में मॉ सरस्वती यज्ञ में श्रद्वालू भाग लेंगे